मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे और अब समाचार राज्य निर्वाचन आयोग ने आज प्रदेश में त्रि स्तरीय पंचायत चुनावों की घोषणा कर दी

उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती दो मई को की जाएगी

इसके लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया तीन और चार अप्रैल को होगी जबकि पांच और छः अप्रैल को पर्चे जांचे जाएगे चुनाव चिन्ह सात अप्रैल को वितरित किए जाएगे

इस चरण के लिए नामांकन सात और आठ अप्रैल को दाखिल किए जाएंगे जबकि पर्चों की जांच का कार्य नौ और दस अप्रैल को किया जाएगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले चार वर्षो में उनके कार्यकाल में प्रदेश में व्यापक बदलाव हुए हैं उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है जबकि चार वर्ष पहले यह छठवें स्थान पर था मुख्यमंत्री आज इंडिया इकोनॉमिक फोरम के वर्चअल कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्ष में प्रदेश में व्यवसाय के लिये अनुकूल माहौल बनाया गया है जिसके परिणामस्वरूप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय में सुगमता रैंकिंग में प्रदेश आज चौदहवें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है मुख्यमंत्री ने कहा कि चार वर्ष पूर्व प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगभग सैंतालीस हजार रूपये सालाना थी जो आज बढ़कर पंचानबे हजार रूपये सालाना हो गयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते चार वर्षो में से एक साल कोविड महामारी से जूझते हुये गुजरा लेकिन इन चार वर्षो में राज्य में तीन लाख करोड़ रूपये का निवेश आया है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के समय भी प्रदेश को सात हजार करोड़ रूपये का निवेश प्राप्त हुआ है श्री योगी ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुये कहा कि पिछले चार वर्षो में चालीस लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराये गये हैं और दो करोड़ इकसठ लाख से अधिक परिवारों के लिये शौचालय का निर्माण किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध और उपजाऊ भूमि के लिये जाना जाता है राज्य में पर्याप्त जल संसाधन हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये विशेष रूप से प्रयास किये हैं श्री योगी ने कहा कि राज्य में सड़क यातायात को और सुदृढ़ करने के लिये पांच नये एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेटा सेंटर पार्क की स्थापना के लिये भी कार्य शुरू हो चुका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दूसरे राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए और आगामी दिनों में होली और अन्य त्यौहारों तथा पंचायत चुनावों के मद्देनजर कोविड से बचाव के लिये अतिरिक्त साक्धानी बरतने की आवश्यकता है लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोविड नाइन्टीन के प्रति पूरी सतर्कता बरती जाये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का पचहत्तरवां संस्करण होगा श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जी ओ वी ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं बलरामपुर जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत आज दो सौ नब्बे जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ जिले के सभी विकास खण्डों में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया